विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक सत्ता पक्ष और विपक्ष से जनहित के मुददों को उठाने का किया अनुरोध जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर हुए कोरोना पॉज़िटिव अपने सम्पर्क में आए लोगों से की जांच करवाने व आइसोलेट होने की अपील

मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार का अढ़ाई वर्ष का अब तक का कार्यकाल सफल रहा है जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले और नई पहल की गई है ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में संगठनात्मक ज़िला सुंदरनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग व गरीबों के जीवन में आशातीत बदलाव आए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी सात मोर्चों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा इस दौरान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं से संगठन की बेहतरी के लिए ज़मीनी स्तर पर लोगों से व्यापक सम्पर्क स्थापित करने का आह्वान किया उन्होंने संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से नए जोश के साथ भाजपा को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करने का आहवान किया इस मौके पर सांसद रामस्वरूप शर्मा और पार्टी महासचिव व विधायक राकेश जम्वाल ने भी अपने विचार रखे सर्वदलीय बैठक आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई विधानसभा के मॉनसून सत्र के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज माकपा विधायक राकेश सिंघा और विधायक होशियार सिंह के साथ हुई इस बैठक में कोरोना महामारी के चलते किए गए प्रबंधों की जानकारी दी बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर सदन की गरिमा का बनाए रखते हुए चर्चा में भाग लेंगे और प्रदेश व जनहित में सदन के समय का सदुपयोग करेंगे

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी

विपिन परमार ने कहा कि थर्मल स्कीनिंग के बिना कोई भी व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेगा कोरोना महामारी के चलते सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए किसी भी आगंतुक को पास जारी नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान मंत्रियों विधायकों और सदन से संबंधी विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों व मीडिया कर्मचारियों को सर्जिकल फेसमास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा

उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से जनहित से जुड़े मुददों को ही सदन में उठाने का अनुरोध किया है महेन्द्र सिंह विधानसभा सत्र से ठीक पहले जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉज़िटिव पाई गई है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से अपील की है कि जो भी लोग उनके सम्पर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवा लें महेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टैस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक गौशाला में बेसहारा देसी गाय रखी जाएगी उन्होंने कहा कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है और इन गौशालाओं में प्रशिक्षण मिलने से किसान जहां प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित होंगे वहीं देसी गाय की एहमियत भी समझेंगे

उन्होंने कहा कि कीटनाशकों और रसायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है और हमारे खाद्यान्न भी विषैले हो रहे हैं गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में फोरलेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने फोरलेन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुददों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य लोक निर्माण विभाग संबंधित ज़िला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की समितियों को समयबद्व रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि संबंधित मुददों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके

उन्होंने अधिकारियों को मध्यस्थता के लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के निर्देश दिए बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जे सी शर्मा और शिक्षा सचिव राजीव शर्मा के अलावा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे

मेंट स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में किए गए सभी सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें अवगत करवाया

उन्होंने राज्यपाल को महामारी से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी और वर्तमान स्थिति से भी अवगत करवाया मौसम प्रदेश मे आज मॉनसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी रहा राजधानी शिमला सहित अनेक स्थानों में झमाझम बारिश हुई मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंडी और हमीरपुर ज़िलों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई